कोरोना के नए प्रकरणों की तलना में हमारी रिकवरी दर निरंतर बढ रही हैं जिससे कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है

प्रधानमंत्री कोविड उपाय कोविड रिथिति से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए जरूरी मानव संसाधनों जुटाने के मकसद से राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट स्नातकोत्तर परीक्षा चार महीने तक स्थगित करने का फैसला किया गया है इससे कोविड ड्यूटी के लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों की उपलब्यता सुनिश्चित होगी परीक्षा की नई तिथि घोषित किए जाने के बाद विद्यार्थियों को तैयारी के लिए कम से कम एक महीना दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कल दिल्ली में हुई बैठक में यह फैसला किया गया इसके अलावा वरिष्ठ डॉक्टरों और शिक्षकों के पर्यवेक्षण में मेडिकल इंटर्न को कोविड प्रबंधन कार्य के लिए तैनात करने की अनुमति देने का भी फैसला किया गया एम बी बी एस अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की सेवाओं का उपयोग फोन पर परामर्श और संक्रमण के हल्के लक्षणों वाले मरीजों की निगरानी जैसी सेवाओं के लिए किए जाएगा अंतिम वर्ष के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की सेवाओं का उपयोग रेजिडेंट के रूप में पहले की तरह जारी रखा जा सकता है वरिष्ठ डॉक्टरों और नर्सों के पर्यवेक्षण में बी एस सी जनरल नर्सिंग और मिड वाइफरी नर्सों की सेवाएं ली जा सकती हैं कोविड प्रबंधन में सेवाएं उपलब्ध कर रहे व्यक्तियों को कम से कम सौ दिन की कोविड ड्यूटी पूरी करने के बाद आगामी नियमित सरकारी भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी जन आंदोलन बालाघाट जिले के लांजी विकासखंड के ग्राम रोजगार सहायक के पद पर कार्यरत तोशराम लिल्हारे ने कोरोना को परास्त कर आम जन को ये संदेश दिया है

इसी तरह सामान्य मृत्यु तथा स्थायी अपंगता पर श्रमिक परिवारों को दो दो लाख रूपये की अनुग्रह राशि मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में दी जाती है

गेंहुँ एम एस पी केंद्र सरकार की एजेंसियां न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के आधार पर रबी फसलों की लगातार खरीद कर रही हैं उपभोक्ता मामलों खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सरकारी एजेंसियों द्वारा चालू रबी फसल की खरीद के दौरान दो सौ बानवे लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की गई है

शिक्षा परीक्षा केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी केन्द्रीय वित्त पोषित संस्थाओं को पत्र लिखकर कहा है कि वे बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए मई में निर्धारित सभी ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित कर दें उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने केन्द्रीय वित्त पोषित संस्थाओं के प्रमुखों को लिखे पत्र में मई महीने में निर्धारित ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित करने को कहा है ऑनलाइन परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेंगी पत्र में यह भी कहा गया है कि जून के प्रथम सप्ताह में इस निर्णय की समीक्षा की जाएगी मौसम प्रदेश में कल कई स्थानों पर बारिश हई और तापमान में गिरावट दर्ज की गई होशंगाबाद के अलावा जबलपुर सागर ग्वालियर चंबल इंदौर और भोपाल संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई राजधानी भोपाल में दोपहर बाद बादल छाने और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई

भोपाल ग्वालियर रीवा में तापमान में काफी गिरावट आई है

जहां सूचना देने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी

जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे